सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने कहा वर्तमान केन्द्र सरकार ने गांव के विकास के फैसले का अधिकार गांव के लोगों को दिया राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के एस झवेरी ने स्काउट के कार्य को समाज और राष्ट्र निर्माण के लिये अनुकरणीय बताया

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार और एम्स को कार्यनीति तैयार करने के लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है

महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इस तरह के किट पुलिस थानों को उपलब्य कराने के लिए कदम उठाएं

कर्नल राठौड ने अपने संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के कोटपूतली विघानसभा क्षेत्र के बाला का नांगल गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में यह बात कही

मोलाहेडा में ही आज कर्नल राठौड ने कबड्डी मैदान का लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने का आहवान करते हुए कहा कि खेलों से ही शारीरिक और मानसिक विकास संभव है

पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए समिति के सदस्यों से दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करने की अपील की है बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण उनकी हताशा को व्यक्त करता है

श्री सैनी ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि अब इस प्रारूप को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से चर्चा कर यात्रा तिथि और मार्ग की घोषणा कर दी जायेगी

इस कार्यकम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

श्री झवेरी आज जयपुर में राजस्थान स्काउट की राज्यस्तरीय प्रभारी सहायक जिला कमीशनर्स की संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नैतिकता के स्तर में व्यापक सुधार लाने के लिये सुनागरिकता आवश्यक है इसके लिये छात्रों को शुरू से ही सेवा नैतिकता राष्ट्रभक्ति और स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों से जुडना चाहिये

बीकानेर में कल रात से ही अच्छी वर्षा का दौर जारी है

राजधानी जयपुर में सुबह से ही कई स्थानों पर रूक रूक कर हल्की वर्षा हुई वर्षा जनित हादसों में जैसलमेर जिले के सागाणा में एक सात वर्षीय बालक की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई

अच्छे मानसून को देखते हुए बांसवाडा जिले के आदिवासी आस्था के धाम मानगढ को हरामरा बनाने के लिये वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है हमारे बांसवाडा संवाददाता ने बताया कि अभियान में वन विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अलावा कई गैरसरकारी संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है जिससे जल्दी ही इस अभियान को सफलता मिलने की उम्मीद है